इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और अन्य जाने माने नागरिक भाग लेंगे इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिये आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी इस बैठक में अन्य किसी एजेंडे को शामिल नहीं किया गया है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कल शिमला में बताया कि यह शोक सभा सर्वदलीय होगी और सभी राजनीतिक दलों के अलावा धार्मिक व सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे

इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे शिमला के सद्भावना चौक पर अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी वहीं युवा कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर जिला व ब्लॉक स्तर पर वृक्षारोपण सद्भावना मार्च सेमीनार व रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

उन्होंने कहा कि राज्यस्तरीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप की तिथियों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर नशे के खिलाफ मुख्यमंत्रियों की बैठक से जुड़ी खबर को आज सभी समाचारपत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है नशे के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे अब चार राज्य दिव्य हिमाचल की सुर्खी है नशे के खिलाफ आज चंडीगढ़ में महाबैठक जयराम ठाकुर की मुहिम लाई रंग दैनिक भास्कर के शब्द हैं आज चंडीगढ़ में पंजाब हिमाचल हरियाणा व उत्तराखंड के सीएम संग बनाएंगे रणनीति हिमाचल दस्तक के अनुसार ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे चार पड़ोसी राज्य आपका फैसला लिखता है अब नशेड़ियों के उजड़ेंगे अड्डे बनेगी रणनीति जबकि अजीत समाचार की सुर्खी है नशे के खिलाफ चार राज्य बनाएंगे साझी रणनीति प्रदेश कैबिनेट से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है अटल को श्रद्धांजलि देने के लिये जयराम ने बुलाई कैबिनेट की बैठक डेंगू से हुई मौत पर अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में डेंगू के डंक से पहली मौत मचा हड़कम्प दैनिक जागरण के शब्द हैं डेंगू से पहली मोत मंडी के डैहर के व्यक्ति ने दम तोड़ा दिव्य हिमाचल का कहना है मंडी से रैफर डेंगू मरीज की बिलासपुर में मौत पंजाब केसरी की खबर है भदरोया नादौन में हथियारबंद व्यक्ति दिखने की सूचना पर सर्च अभियान

अटल जी को दी गई अनूठी श्रद्वांजलि शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है आईजीएमसी शिमला में छुट्टी के दिन ऑपरेशन टॉय ट्रेन में हुआ कविता पाठ

पत्र लिखता है श्रावण अष्टमी मेले में जयकारों से गूंजे प्रदेशभर के शक्तिपीठ अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय चौकसी पर सवाल में लिखा है कि सुरक्षा में अनदेखी लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली साबित हो सकती है लोगों को चाहिये कि वे अपने स्तर पर भी चौकस रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान जैसी अनेक योजनाओं को सुचारू रूप से न चलाए जाने पर तर्कसंगत टिप्पणी की है